हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में छः नये साईबर क्राईम पुलिस थाने खोलने की स्वीकृत दे दी है

इस बैठक में मंत्री समूह को देश मे चिकित्सा अवसंरचना की जानकारी भी दी गई

मंत्रालय ने कहा है कि इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी

यह जानकारी देते हये रोहतक के उपायुक्त आर एस वर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से लोगों को कोरोना महामारी के बारे में जागरूक करने के लिए प्रचार वाहन भी चलाये जा रहे है नगर निगम द्वारा भी कच्रा एकत्रित करने वाले वाहनों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है फरीदाबाद की एक झील में आज दो लोग इूब गये जिनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई जबकि दूसरे व्यक्ति की तलाश की जा रही है हमारे संवाददाता ने बताया कि पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की जबकि गोताखोर दूसरे व्यक्ति की तलाश कर रहे है यहां पहले भी ऐसा हादसे हो चुके है

इनमें से चार लोग एक ही परिवार से सम्बधित है जो दिल्ली से अम्बाला लौटे थे

उधर यमुनानगर और जगाधरी में भी दो य्वक कोरोना वायरस से संक्रमित पाये गये है

दोनों य्वकों को कोविड अस्पताल में भर्ती करवाया गया है

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में छः नये साईबर क्राईम प्लिस थाने खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है इनमे से एक एक थाना पांचों पुलिस रैंज मुख्यालयों में खोला जायेगा और एक थाना फरीदाबाद आयुक्तालय में स्थापित किया जायेगा

हरियाणा सरकार के प्रवक्ता ने बतायाकि इस समय प्रदेश में गुरूग्राम और पंचकूला में केवल दो साईबर क्राईम पुलिस थाने है नये पुलिस थाने फरीदाबाद रेवाड़ी रोहतक हिसार करनाल और अम्बाला में खोले जायेंगे हरियाणा सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा आत्म निर्भर भारतकार्यक्रम के अन्सार मजदूरी एवं वेतन का भूगतान करने तथा उद्यमियों के लिए कार्य पूंजी ऋण प्राप्त करने में सहायता के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निगरानी समिति का गठन किया है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह समिति इन योजनाओं व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी और सूक्षम लघ् एंव माध्यम उद्योगों एमएसएमई को देय लाभों का सुचारू व समय से वितरण सुनिश्चित करेगी